सरकार ने आज से ग्रामीण स्वच्छता का सबस बड़ा सर्वेक्षण शुरू किया है यह सर्वेक्षण अगस्त के अंत तक चलेगा

श्री मोदी ने कहा कि यह सर्वेक्षण एक विस्तृत प्रयास है जिससे स्वच्छ भारत के निर्माण के राष्ट्रीय प्रयासा को ताकत मिलने के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हासिल हो सकेंगी भारतीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण इस महीने के आखिर तक चलेगा इसमें स्वच्छता के स्तर के आधार पर देश के विभिन्न जिलों का दर्जा तय किया जायेगा स्वच्छता सर्वेक्षण से साफ सफाई की सुविधाओं में सुधार के लिए आधारभूत ढांचे के विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी इससे अगले वर्ष दो अक्टूबर तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा राज्यपाल श्री राम नाईक ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के सभी कृष्ठ रोगियों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती को भव्य रूप से मनाये जाने हेतु गठित राज्य स्तरीय आयोजन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल ने कहा कि गांधी जी की एक सौ पचासवीं जयन्ती पर राज्य विधानमंडल का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गांधी जी को एक सौ पचासवीं जयन्ती के आयोजन के लिए प्रदेश के स्कूलों में कार्यक्रमों का आयोजन किये जाने के साथ ही ग्राम स्वराज कार्यक्रम और सोलर चर्खे को प्रोत्साहन का कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विश्वविद्यालयों का आहवान किया है कि वे अपने क्षेत्र में मौजूद कृषि विज्ञान केन्द्रों को पूरी तरह से सक्रिय करते हुए उन्हें किसानों के लिए उपयोगी बनाये उन्होंने यह भी कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों के खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाये इस संबंध में कल एक बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्रों के जरिये किसानों को खेती की तकनीक और नई पद्धतियों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए ताकि किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिले उन्होंने कहा कि पानी की कमी वाले क्षेत्रों बुन्देलखंड विन्ध्य और आगरा मंडल के जिलों में मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि कृषि के विद्यार्थियों को खेतों पर किसानों के साथ काम करने के लिए भी भेजा जाना चाहिए केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज शुरू हो गई ह

उम्मीदवारों को केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की वेबसाइट सीटीईटी डॉट एन आई सी डॉट आई एन के जरिए ऑन लाइन आवेदन करना होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस संबोधन के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं प्रधानमंत्री ने ट्वीटर पर लोगों से विशेष रूप से तैयार किये गये नरेंद्र मोदी ऐप पर सुझाव देने को कहा है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

प्रदेश में बारिश का सिलसिला आज भी जारी है लगातार हो रही बारिश से जन जीवन अस्त व्यस्त है वर्षा से जुड़ी दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या एक सौ नौ हो गई है

सौ से अधिक लोग घायल हो गए हैं बारिश से पांच सौ से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं लगातार हो रही बरसात से राज्य के कई हिस्सों में सड़क रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है विद्युत आपूर्ति और संचार व्यवस्था पर भी विपरीत असर पड़ा है सरयू घाघरा और शारदा नदियां फैजाबाद बस्ती गोंडा बाराबंकी और लखीमपूर खीरी जिलों में खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं सहारनपुर में हथिनी कुंड के पास निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को यमुना नदी का पानी बढ़ने से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है गंगा और यमुना नदियां भी बुलंदशहर मुजफ्फरनगर बलिया और मथुरा में उफान पर हैं इन नदियों के आसपास निचले इलाकों में रहने वालों को भी सुरक्षित स्थानों पर चले जाने को कहा गया है

मौसम विभाग ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि आने वाले चौबीस घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होगी जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश में थोड़ी कमी आयेगी प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मुख्य चिकित्साधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बाढ़ प्रभावित जिले के अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में जीवन रक्षक दवाइयों के साथ ही सांप के कांटने की वैक्सीन क्लोरीन टेबलेट ओआरएस और एंटी रैबीज वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए उन्होंने सख्त निर्देश दिये कि बारिश के मद्देनजर अस्पतालों में पानी भरने की स्थिति में उसे तुरन्त बाहर निकालने का इंतजाम कराया जाये सावन महीने के शुरूआत के साथ ही प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से कावंड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है मुजफ्फरनगर जनपद से गुजरने वाले कावंड़ियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किये हैं जिले से होकर लगभग चार करोड़ कावंड़ियों के गुजरने का पूर्वानुमान है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट मुजफ्फरगर जिले की सड़कों पर बम बम का जयघोष गूंजने लगा है कांवडिये यहां दिल्ली देहरादून राजमार्ग और नहर की पटरी मार्ग से होकर राजस्थान दिल्ली हरियाणा और वेस्ट यूपी के अन्य जनपदों में जाते हैं राजमार्ग पर आज से भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है तीन अगस्त से सभी प्रकार के वाहन बंद हो जायेंगे रास्तों के बंद होने और कांवडियों की भीड़ के चलते जनपद के समस्त स्कूल कॉलेजों में नौ अगस्त तक अवकाश घोषित कर दिया गया है भोलों की सेवा को लेकर कांवड़ मार्ग पर सैकड़ों शिविर खुल गए हैं

आधार विशिष्ट पहचान संख्या है जिसका उपयोग विभिन्न सेवाओं लाभों और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के तौर पर किया जाता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा है कि सार्वजनिक रूप से आधार संख्या प्रस्तुत या प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह भी बैंक खाता और पैन संख्या की तरह संवदेनशील निजी जानकारी है सरकार आगामी दस अगस्त को प्रदेश भर के कुम्हारों के बीच पच्चीस लाख के उपकरण बांटेंगी इसके अलावा जल्द ही कुम्हारों को कुल्हड़ पकाने के लिए सांचे भी मुहैया कराये जायेंगे प्रदेश के खादी और ग्रामोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की बैठक के बाद कहा कि प्रदेश में खादी को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही चार सौ सोलर चर्खे बांटे जायेंगे उन्होंने कहा कि सोलर चर्खे से बने कपड़े को खादी की मान्यता देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तनवीर अहमद उस्मानी ने बरेली के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से उन लोगों की सम्पत्तियां सील करने को कहा है जिन्होंने निदा खान के खिलाफ फतवा जारी किया था

निदा खान मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं नीति आयोग ने कहा है कि भारत में डिजिटल भुगतान बाजार के अगले पांच वर्ष में दस खरब डॉलर का उद्योग बनना तय है